देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढकर करीब छप्पन प्रतिशत हुई दो लाख सैंतीस हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने जलवायु परिवर्तन को कृषि के लिये एक बड़ी चुनौती बताया है उन्होंने कहा कि खादय सुरक्षा के साथ साथ हमारा लक्ष्य स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिये राज्यपाल कल राजभवन से जलवायु परिवर्तन के काल में पोषण और खाद्य सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रही थी राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कृषि के लिये एक बड़ी चुनौती है जिसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है जलवायु परिवर्तन द्वारा दिखाई दे रहे दुष्परिणामों का सामना करने में जैव प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा सकती है उन्होंने ऐसी प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता बताई जिन्हें विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सके राज्यपाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ स्वच्छ वातावरण की भी आवश्यकता है और ऐसे में सभी विकल्पों को ढ़ंढा जाना चाहिये जो रासायनों के ऊपर निर्भरता कम कर सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मेडिकल स्क्रीनिंग का वृहद अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने एक लाख से अधिक टीमें गठित कर मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई करने को कहा है लखनऊ के लोकभवन में कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को कार्य योजना बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य करने के निर्देश दिये उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के लिये कार्य को तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ा कर पच्चीस हजार टेस्ट प्रतिदिन किया जाये मुख्यमंत्री ने बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिये स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा योग्य अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम तैयार करने के लिये कहा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पीएसी वाहिनी जैसे स्थान जहां सामूहिक रूप से लोगों को रहना पड़ता वहां हर हालत में दो गज की दूरी नियम का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में कोविड नाइीन्टीन की निगरानी प्रणाली मजबूत करने और मरीजों की पहचान के लिए रणनीति बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से ग्रस्त रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान में निगरानी व्यवस्था की अहम भूमिका है और इसे आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए उन्होंने अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच का काम इस माह के अंत तक पूरा कर लेने के साथ ही प्रतिदिन किये जाने वाले कोविड परीक्षणों की संख्या को पच्चीस हजार तक ले जाने को कहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक पांच करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है इसके साथ ही शहरी स्लम वृद्वाश्रम और महिला हॉस्टल जैसी तमाम जगहों से रैंडम सैम्पल भी लिये जा रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं कानपुर में सरकारी आश्रय गृह में सत्तावन बालिकाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरों के बाद यह नोटिस जारी किए गए इनमें से पांच बालिकाएं गर्भवती पाई गईं और एक एचआईवी संक्रमित है आयोग के बयान में कहा गया है कि कुछ समय से इन सभी में कोविड नाइन्टीन के लक्षण नजर आने की खबर थी लेकिन जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने में देरी की गई मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की रूस यात्रा पर कल मॉस्को के लिए रवाना हो गए रक्षामंत्री ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे वे मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर कल मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी राजनाथ सिंह रूस के रक्षामंत्री के निमंत्रण पर गए हैं इस कार्यक्रम का आयोजन नौ मई को होना था लेकिन कोविड नाइन्टीन महामारी को ध्यान में रखकर इसे स्थगित कर दिया गया था सूचनाऔर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल कान फिल्म मार्किट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्दी और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केन्द्र की पहल की है उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आहवान किया श्री जावडेकर ने कहा कि इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए भारत की तरफ से मराठी फिल्म माईघाट और गुजराती फिल्म हेलारो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेज ागया है श्री जावडेकर ने इक्यानबवें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव ईफी के लिए पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की यह फिल्मोत्सव इस वर्ष बीस नवम्बर से गोवा में आयोजित की जाएगी प्रदेश सरकार ने सामाजिक संस्थाओं में कोविड नाइन्टीन की रोकथाम और नियंत्रण के लिये विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण के प्रसार को रोकना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि सामाजिक संस्थाओं जैसे महिला संरक्षण गृह नारी निकेतन अनाथालय और बाल सुधार गृह इत्यादि में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिये विशेष सावधानियां बरती जाये उन्होंने निर्देश दिया कि संस्था के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिये इंफ्रारेड थार्मामीटर की व्यवस्था की जाये और किसी भी संस्था में सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाये उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में अतःवासियों को साफ सफाई तथा हाथों को अच्छी तरह से धोने के बारे में प्रेरित किया जाये साथ ही उन्हें फेस कवर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिये कहा जाये देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर पचपन दशमलव सात सात प्रतिशत हो गई है आकाश्वाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि हम अपने केसेज को देखे तो एक्वुअल नंबर ऑफ केसेज जो हम देख रहे है वो अगर परसेन्टेज ऑफ पोपुलेशन के हिसाब से देखे जो हम कहते है पर मिलियन पोपुलेशन तोहमारा स्तर बहुत नीचे है एबस्लुट नंबर में अगर हम प्ररा काउंट करके देखे तो नंबरज्यादा है कई यूरोप की कंट्री तो हमारे एक स्टेट की पोपुलेशन की है इसलियेजब हम कम्पेयर करते है तो नंबर को रखना जरूरी नहीं रहेगा हमें पोपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा तोपहली चीज तो ये है दूसरी चीज अगर अपना रिकवरी रेट देखे तोवो भी दिन भर दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लीयर हो रहा है कि हमारे जो पेसेंट हमारेआ रहे हैं उनको माइल्ड इलनेस है इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं

कोरोना वायरस के अब तक दो लाख सैंतीस हजार एक सौ पन्चानबे रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ हजार चार सौ चालीस रोगी स्वस्थ हुए हैं इस समय लगभग एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सत्तासी मरीजों का इलाज चल रहा है